पच्चीस करोड़ की संपत्ति का पता चला

बोधगया ब्लास्ट से जुड़ा एक और आतंकी झारखंड के पाकुड़ से गिरफ्तार

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के पास पच्चीस करोड़ से अधिक संपत्ति है सीबीआई को जांच के दौरान निबंधन विभाग से उसके पास पच्चीस करोड़ रूपये से अधिक संपत्ति के रिकार्ड मिले हैं इसमें चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति शामिल हैं इस संबंध में सीबीआई को पचास पेज का ब्यौरा भी मिला है उसने सबसे ज्यादा जमीन खरीद की है इधर समाज कल्याण विभाग ने गोपालगंज अल्पावास गृह की मान्यता रद्द कर दी है और यहां की बच्चियों को सीवान अल्पावास गृह भेजा जा रहा है जबकि छपरा अल्पावास गृह का संचालन करने वाले एनजीओ के सचिव रणधीर प्रसाद के घर पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की और परिसंपत्तियों को जब्त किया उसके खिलाफ एक युवती का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है इस बीच बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम बेगूसराय पहुंची टीम ने रतनपुरा निराला नगर स्थित बालिका गृह पहुंचकर एक बच्ची के किडनी निकालने के मामले की जांच की उधर पटना जिले के पाटलीपुत्र अल्पावास गृह का एक कर्मचारी उपस्थिति आगंतुक और आय व्यय पंजी समेत सीसीटीवी कैमरे को लेकर फरार हो गया है केन्द्र सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी बाल आश्रय गृहों का सोशल ऑडिट कराने का निर्णय लिया है केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अगले दो महीनों में देश के सभी बाल आश्रय गृहों का सोशल ऑडिट कराया जायेगा बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल आश्रय गृहों का लेखा जोखा करने की जिम्मेदारी दी गयी है और दो महीने के भीतर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है इस बीच केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि मंत्रालय बाल आश्रय गृहों में रहने वालों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्व है इसी साल उन्नीस जनवरी को बोधगया के कालचक्र मैदान के पास बम ब्लास्ट करने के आरोप में एक और आतंकी दिलवर हुसैन उर्फ अली हसन को कोलकता पुलिस की स्पेशल टॉस्क फोर्स ने झारखंड के पाकुड़ से गिरफ्तार किया है वह मूलतः मालदाह के कालियाचक के सुल्तानगंज का रहने वाला है पुलिस ने उसके पास से एक मोबाईल फोन फर्जी वोटर आईडी आधार कार्ड जब्त किया है एसटीएफ के डीसी ने बताया कि उसे कोलकता के स्थानीय कोर्ट में पेशी के लिए लाया जायेगा गौरतलब है कि बोधगया बम बलास्ट के मास्टरमाइंड मोहम्मद जाहिदुल इस्लाम उर्फ कौसर को परसो बेंगलुरू के पास से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था पंचायती राज व्यवस्था के तहत कराये जा कार्यों और कार्यालयों का निरीक्षण का जिम्मा जिलाधिकारी उपविकास आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने भेजे पत्र में कहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता वित्तीय अनुशासन के साथ कार्यालयों के कामों की निगरानी नियमित रूप से की जाए श्री मीणा ने कहा है कि इन कार्यो की सूचना प्रतिमाह नियमित रूप से राज्य मुख्यालय को भी भेजी जाए राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव आज पूर्वाहन ग्यारह बजे होगा इस संवैधानिक पद के लिए सत्तारूढ़ एन डी ए ने जनता दल यूनाइटेड के हरिवंश को उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस ने बी के हरिप्रसाद को मैदान में उतारा है दोनों उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले घंटे के दौरान किया जाएगा बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री हरिवंश जानेमाने पत्रकार हैं जबकि श्री प्रसाद कर्नाटक से सांसद हैं राज्ससभा में मौजूदा सदस्यों की संख्या दो सौ चौवालीस है और जीत के लिए एक सौ तेईस सदस्यों का समर्थन चाहिए सदन में भाजपा तिहत्तर सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है जबकि कांग्रेस के पचास सदस्य है राज्य की प्रमुख नदियों गंगा कोसी बागमती पुनपुन सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है कई स्थानों पर ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गयी हैं आज भी इन नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना जतायी गयी है नदियों का पानी नीचले इलाकों में फैलने के कारण नालंदा छपरा सिवान गोपालगंज बेगूसराय जिले के कई प्रखंडो का सम्पर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है बाढ़ के पानी के कारण धान की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है कोसी में जलस्तर बढ़ने के कारण तटबंध के बीच बसे गांवों के लोगों का पलायन शुरू हो गया है ये लोग तटबंध पर बने राहत शिविरों में शरण ले रहे हैं कोसी का जलस्तर बसुआ और बलतारा में जबकि बागमती नदी ढेंग सोनाखान ड्रब्बाधार और बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है वहीं कमलाबलान झंझारपुर में पुनपुन नदी श्रीपालपुर में और गंगा नदी साहेबगंज में खतरे के निशान से ऊपर है इस बीच आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है रेलवे के सहायक लोको पायलट और तकनीशियन के छियासठ हजार से अधिक पदों के होने वाले कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए पूर्व मध्य रेल दो और विशेष ट्रेन चलायेगा ये ट्रेनें मुजफ्फरपुर और सिकंदराबाद के बीच चलेगी

निशांत कुमार सिंह को टीम का कप्तान बनाया गया है पटना में खेली जा रही तीसवीं अंबेडकर अंतर स्कूल कैरम चैम्पियनशिप में फैजान आयुष राज शौर्य राज और तान्या ने अपने अपने वर्ग में जीत दर्ज कर खिताब पर कब्जा कर लिया बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की परामर्शदात्री कमिटी की बैठक बारह अगस्त को होगी बैठक में विभिन्न जिलों में स्टेडियम निर्माण के साथ कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी श्रम संसाधन विभाग ने कदाचार के आरोप में ग्यारह केन्द्रों की आईटीआई की प्रायोगिक परीक्षा को रद्द कर दिया है विभागीय समीक्षा बैठक में परीक्षा से जुड़ी शिकायतों की जांच के बाद यह निर्णय लिया गया पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान में विभिन्न जिलों से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ आठ तस्करों को गिरफ्तार किया है भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में हत्याकांड के आरोपी की हत्या करने के उद्देश्य से आये चार अपराधियों को हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया नवादा जिले की एक अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो लोगों को उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनायी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के इस्तीफे को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है इसके साथ ही मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के चेहरे पर स्याही फेंकने की खबर को भी प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मंजू वर्मा ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा इसके साथ ही मंजू वर्मा के बयान को भी अखबार में छापा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति निर्दोष हैं दैनिक जागरण ने राज्यसभा के उपसभापति के लिए आज होने वाले चुनाव की खबर का शीर्षक लगाया है हरिप्रसाद के मुकाबले हरवंश भारी दैनिक भास्कर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ खास बातचीत को विशेष खबर के रूप में छापा है जिसका शीर्षक लगाया है देश नया प्रधानमंत्री चाहता है मगर हमारे पास मोदी के मुकाबले कौन होगा यह चुनाव बाद ही बतायेंगे

पच्चीस करोड़ की संपति का पता चला

बोधगया ब्लास्ट से जुड़ा एक और आतंकी झारखंड के पाकुड़ से गिरफ्तार